सदन से किया वॉकआउट मुख्यमंत्री ने गैरसैंण में पेयजल व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के दिए निर्देश

नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने राज्य में सफर मंहगा होने सहित विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरा विपक्ष ने गैस सिलेण्डर शिक्षा और स्वास्थ्य सहित राज्य में बढ़ रही मंहगाई का आरोप सरकार पर लगाते हुए सदन से वॉकआउट किया विपक्ष का कहना था कि सरकार महंगाई के मुद्दे पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाई है स्थलीय निरीक्षण मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गैरसैंण में पेयजल व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए सुनियोजित योजना बनाने के निर्देश दिए हैं गैरसैंण में बनने वाली चौराड़ा झील के स्थलीय निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि गैरसैंण के ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद यहां संभावित आबादी में वृद्धि होगी जिसके लिए पेयजल व्यवस्थांए उपलब्ध होनी चाहिये उन्होंने कहा कि रामगंगा पर बनी चौरड़ा झील भविष्य में बड़ी आबादी को पेयजल उपलब्ध कराएगी श्री रावत ने कहा कि इस झील के बनने के बाद गैरसैंण भराड़ीसैंण और उनके आस पास के क्षेत्रों में पूर्ण ग्रेविटी का जल उपलब्ध होगा उन्होंने बताया कि इस बांध की टेंडर प्रक्रिया इस साल अप्रैल में की जायेगी और जल्द ही इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा उन्होंने अधिकारियों को इस क्षेत्र में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अन्य विकल्प तलाशने को भी कहा मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे रामगंगा पर बनने वाले बांध का डिजाइन इस तरह तैयार करें कि भविष्य में इससे पेयजल की क्षमता में और अधिक बढ़ोतरी हो सके

प्रदेश में ऐसे कई लोगों के उदाहरण हैं जिन्होंने स्वरोजगार के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है नैनीताल जिले की दीपा लोधियाल भी इन्हीं में से एक हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में ही स्वरोजगार की संभावनाओं को तलाशा प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों से रोजगार की तलाश में अन्य शहरों में जाने वाले लोगों के लिए नैनीताल जिले के रीठा गांव की दीपा लोधियाल एक बेहतरीन उदाहरण हैं दीपा ने अपने क्षेत्र की महिलाओं को जागरूक करते हुए पारम्परिक खेती से जुड़ने और जड़ी बूटी की खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया दीपा ने पारम्परिक पहाड़ी बीजो का बैंक बनाया है जिससे पहाड़ो में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा सके इसके लिए उन्होंने विभिन्न स्थानों से बीज एकत्रित किये

इसके उत्पादन के लिए उन्होंने क्षेत्र में ही होने वाली जड़ी बूटियों की खेती पर जोर दिया दीपा की इस पहल से क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार तो मिला ही है साथ ही प्रदेश में जैविक कृषि को बढ़ावा मिल रहा है

महिला दिवस से पहले देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं इसी कड़ी में आज श्रीनगर स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय में कौशल एवं उद्यमिता विषय पर गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया इस मौके पर अखिल भारतीय महिला समन्वयक की अध्यक्षा गीता ताई गुंडे ने कहा कि महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए उनमें आत्मविश्वास और क्षमता का विकास करने के लिए शिक्षण पर ध्यान केन्द्रित किये जाने की जरूरत है

श्री संजीव कुमार ने कहा कि विदेशों से आने वाले सभी यात्रियों की हवाई अड्डों पर अनिवार्य स्क्रीनिंग की जा रही है

हालांकि प्रदेश में कोरोना वायरस से जुड़ा एक भी मामला सामने नहीं आया है

प्रशासन ने टनकपुर में आईसुलेशन वार्ड बनाया है जिसमें नेपाल से आवागमन करने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है जिला प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से सीमा पर आवागमन करने वाले हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है वहीं जिले के लोहाघाट में हो रहे होली महोत्सव में भी होल्यार दल के लोग चेहरे पर मास्क लगाकर लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक कर रहे हैं उधर नैनीताल जिला प्रशासन कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर सर्तक है जिलाधिकारी सविन बंसल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना वायरस से सम्बन्धित लक्षण यदि किसी भी व्यक्ति में पाये जाते है तो उसे प्राथमिकता के आधार पर आइशोलेशन वार्डो में रखा जाय उन्होंने जिला पर्यटन अधिकारी को जिले के सभी होटलों में सावधानी बरतने और बाहर से आने वाले पर्यटको ंऔर अन्य लोगों पर विशेष निगरानी रखने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिये हैं मौसम प्रदेश के ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी और निचले हिस्सों में हो रही बारिश के चलते राज्य में ठण्ड फिर से बढ़ गई है केदारनाथ बदरीनाथ हेमकुंड फूलों की घाटी सहित राज्य के ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी की सूचना है वहीं देहरादून सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज सुबह से ही मध्यम से तेज बारिश हो रही है जिसके चलते आवाजाही करने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा

विभाग ने तीन हजार मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले हिस्सों में भारी हिमापात होने का अनुमान भी व्यक्त किया है प्रशिक्षण अल्मोड़ा के कोसी बैराज में इन दिनों पांच दिवसीय क्याकिंग प्रशिक्षण चल रहा है

जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा साहसिक पर्यटन को आगे बढाने के लिए यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया है और इससे युवाओं को इस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने का मौका मिलेगा उन्होंने बताया कि कोसी बैराज में नियमित कयाकिंग शुरू करने पर भी विचार किया जा रहा है

सदन से किया वॉकआउट

नेपाल से आवागमन करने वाले यात्रियों की टनकपुर में की जा रही है जांच